भारी बर्फबारी के कारण बड़ा भंगाल में फंसे भेड़ पालकों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने मेजे दो बचाव दल

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनकी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर प्रदेश में एसडीआरएफ की तीन कंपनियों की स्थापना करेगी मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर आज शिमला के ओक ओवर में लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर नागरिक सौलिडेरिटी मार्च को भी हरी झण्डी दिखाई तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चार योजनाओं की शुरूआत भी की इन योजनाओं में आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयं सेवकों का कार्यबल सृजित करना अस्पताल सुरक्षा के लिए योजना भवनों की लाइफ के लिए ढांचागत सुरक्षा ऑडिट तथा खतरा प्रतिरोधी निर्माण पर मिस्त्रियों तरखानों और बांइडर्स के लिए प्रशिक्षण योजना शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश के सर्वाधिक खतरनाक आपदा संभावित राज्यों में है ऐसे में ये ज़रूरी है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक आपदा के समय किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे मनीषा नंदा इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है ताकि ऐसी स्थिति में कम से कम नुकसान हो मनीषा नंदा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर शिमला के गेयटी थियेटर में विभिन्न स्कूलों के एन एसएस एनसीसी नेहरू युवा केन्द्र और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिभागियों को संबोधित कर रही थीं उन्होंने इस मौके पर ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लगाई गई जागरूकता प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मानक देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में बेहतर हैं और इसका श्रेय राज्य के समर्पित चिकित्सकों और पैरा मैडिकल स्टाफ को जाता है

उन्होंने आईजीएमसी शिमला को नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित कर राज्य का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की प्रतिबद्धता मी दोहराई वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगाणा का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का आभार जताया है वीरेन्द्र कंवर ने आज बंगाणा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ने और बंगाणा और थाना कलां में नए पद सृजित होने से क्षेत्र में लोगों को घरद्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय कुटलैहड सहित पूरे प्रदेश में विकास ठप्प हो गया था और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि अमृत योजना के तहत कुल्लू शहर का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है और यहां नागरिकों को कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं राम स्वरूप शर्मा आज कुल्लू के ढालपुर चौक पर वाटर एटीएम के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने नगर परिषद कुल्लू से अमृत योजना के बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने और इस योजना से संबंधित सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने की अपील की

इस मुद्दे पर आयुक्त ने आज संबंधित पक्षों से बैठक की

निगम आयुक्त ने ये भी कहा कि यदि तुरंत ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इन वार्डों में काम कर रही कम्पनी का ठेका रद्द कर दिया जाएगा मुख्य सचिव प्रदेश सरकार ने कांगड़ा ज़िला के बड़ा भंगाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण फंसे भेड़पालकों की सहायता के लिए दो दल रवाना करने का निर्णय लिया है

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज शिमला में ये जानकारी देते हए बताया कि बीते रोज भेजा गया दल बड़ा भंगाल में कैंप करेगा और भेड़ पालकों के निरंतर संपर्क में रहेगा उन्होंने कहा कि कांगड़ा ज़िला प्रशासन को बड़ा भंगाल की स्थिति पर हर समय निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन वहां के पंचायत प्रधान तथा सचिव के संपर्क में हैं उन्होंने कहा कि भेड़ पालकों को स्थानीय डिपो धारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करवाया गया है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर जनमंच कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि जनमंच कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं के हल से ज़्यादा मंत्रियों की आवभगत पर ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने जनमंच कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी के द्रूपयोग का आरोप लगाया उन्होंने मांग की कि सरकार अभी तक आयोजित जनमंच कार्यक्रमों पर हुए खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करे

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार इसका शुभारंभ करेंगे जबकि सिचांई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे एसडीएम अश्वनी सूद ने बताया कि तीन दिवसीय दशहरा उत्सव के दौरान जहां एक ओर प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे वहीं पंजाब व एनजैडसीसी के कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे उन्होंने कहा कि इस दौरान खेलकूद प्रतियोगिता के अलावा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी

हिमाचल प्रदेश फृटबॉल ऐसोसिएशन और सोलन जिला फृटबॉल ऐसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया बिंदल ने इस मौके पर कहा कि बचपन से ही यदि युवाओं में खेलों के प्रति रूचि बन जाएगी तो वे नशे से दूर रहेंगे

प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है

ऐसोसिएशन के महासचिव राजेन्द्र शर्मा ने खेल संघों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार जताया है